मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को अनुकूल माहौल देने के लिए प्रयासरत है उत्तर प्रदेश के साथ परिसंपत्तियों के बंटवारे के मामले पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी सम्बंधित विभागों को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं

और कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह धारचुला से पहले पैदल पड़ाव ब्रंदी के लिए रवाना हुआ

यह जानकारी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से आयोजित मुख्यमंत्री के साथ बातचीत कार्यक्रम में दी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्व है सरकार की कोशिश है कि निवेशकों को दोस्ताना माहौल और अधिकतम सुविधाए मिलें मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग के क्षेत्र में राज्य अच्छा काम कर रहा है साथ ही इसे और बेहतर करने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने राज्य के शहरी क्षेत्रों के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी अच्छे होटल की आवश्यकता पर जोर दिया और इस दिशा में सीआईआई से सहयोग का आह्वान किया परिसंपत्तियां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे से संबंधित मामलों पर सभी सम्बंधित विभागों को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं सचिवालय में आयोजित अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री ने ऐसे विभिन्न मामलों की समीक्षा की उन्होंने अधिकारियों को कहा कि जिन विभागों के जो भी प्रकरण लंबित हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए ताकि उत्तर प्रदेश के साथ अगली बैठक में इनका समाधान किया जा सके

इस संबंध में दोनों राज्यों के महालेखाकारों की अलग से जुलाई माह में बैठक कराने के उन्होंने निर्देश दिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ अगले महीने उनकी बैठक हो सकती है इसलिए सभी प्रकरणों पर अंतिम निर्णय लेकर उनका स्थायी समाधान इस बैठक में करने का प्रयास किया जाएगा ट्रैकिंग दल उत्तरकाशी और हिमाचल की सीमा के बीच फंसे ट्रैकिंग दल के सदस्यों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें रवाना की गई हैं

उन्होंने बताया कि आज सुबह नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और आईटीबीपी की एक्सपर्ट टीमों को रवाना किया गया हैं इसके अलावा सरकार से चौपर की भी मांग की गई है उधर हिमाचल के चिटकल से भी आईटीबीपी की टीम रवाना की गई

बैठक में उन्होंने अधिकारियों को जिले के सभी अस्पतालों में ज़रूरी दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ज़िलाधिकारी ने कहा कि किसी भी स्थिति में अस्पताल के बाहर से दवाइयां लिखी जाने की शिकायत मिलने पर सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी कलैक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि सभी चिकित्सकों द्वारा मरीजों को जैनरिक दवायें ही लिखी जाएं नैनी झील नैनीझील के संरक्षण को लेकर क्माऊं मण्डल के आयुक्त राजीव रौतेला ने विशेषज्ञों के साथ बैठक की उन्होंने नैनीझील में पूरे साल जलस्तर बनाए रखने के लिए सूखाताल के पुनरुद्वार की बात कही इसके साथ ही झील के आस पास के वेटलैंड चिन्हित करने और चाल खाल के माध्यम से बारिश के पानी को ज्यादा से ज्यादा संग्रहित करने के बारे के बारे में भी चर्चा की गई राजीव रौतेला ने कहा कि नैनीताल में बारिश के पानी को बचाने के लिए संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई के निर्देश दिए ब्लैक लिस्ट रूद्रप्रयाग जिले में अलकनंदा नदी पर बनाए जा रहे घाटों के निर्माण की धीमी गति पर जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने सख्ती दिखाई है घोलतीर में काम की धीमी गति पर उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाए साथ ही कोटेश्वर में काम समय पर न होने की स्थिति में ठेकेदार का भुगतान रोकने को भी कहा गया है नमामि गंगे परियोजना के तहत सिंचाई विभाग घोलतीर में श्मशान घाट प्रतीक्षालय शौचालय और सीढियों का निर्माण करवा रहा है इसी तरह कोटेश्वर में स्नानघाट का निर्माण किया जा रहा है जिलाधिकारी ने लोगों की ओर से शिकायतें मिलने के बाद दोनों जगह निरीक्षण में पाया कि निर्माण कार्य की गति काफी धीमी है

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धन सिंह ने ये जानकारी दी योग दिवस की तैयारी को लेकर उन्होंने देहरादून और हरिद्वार जिले के विभिन्न विश्विविद्यालयों के कुलपतियों कुलसचिवों और कॉलेज प्राचार्यो के साथ बैठक भी की उन्होंने कहा कि योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना राज्य के लिए गौरव का विषय है

कैलाश मानसरोवर यात्रा कैलाश मानसरोवर यात्रियों का प्रथम जत्था आज सुबह आधार शिविर धारचूला से पहले पैदल पड़ाव बुंदी के लिए रवाना हुआ धारचूला में सेना के कुमाऊं स्काउट ग्राउंड में यात्रियों का परंपरागत ढंग से स्वागत किया गया

बुंदी से कल सुबह ये दल गुंजी के लिये रवाना होगा

दल में शामिल युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक हर आयु वर्ग के यात्री भगवान शिव की पावन स्थली के दर्शनों को लेकर काफी उत्साहित हैं

शहीद रुद्रप्रयाग जिले के कविल्ठा गांव निवासी सेना के जवान मानवेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा क्षेत्र में आतंकियों के साथ मुठभेड में शहीद हो गए हैं इस मुठभेड़ में सेना के जवानों ने दो आतंकियों को भी ढेर कर दिया था बुधवार रात गोली लगने के बाद घायल मानवेंद्र ने अपनी मां और पत्नि से भी बात की मगर आज सुबह घायल जवान की शहादत की सुचना उनके घर पहंची शहीद का परिवार और कविल्ठा गांव इस दुःखद सूचना के बाद से गहरे शोक में हैं परिजनों के अनुसार शहीद मानवेंद्र का पार्थिव शरीर जम्मू से रुद्रप्रयाग कविल्ठा गांव लाया जा रहा है शहीद मानवेंद्र के पिता भी छठवीं गढ़वाल राइफल से सेवानिवृत्त हैं मुख्यमंत्री त्रियेंद्र सिंह रावत ने मानवेंद्र की शहादत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि सरकार शहीद के परिजनों की हर संभव सहायता करेगी मौसम प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान पर्वतीय अंचल में बारिश से तापमान में कमी आई है प्राप्त समाचारों के अनुसार अल्मोड़ा पिथौरागढ़ चम्पावत चमोली टिहरी ज़िलों में कल बारिश होने के समाचार हैजबकि राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में ध्ंध छाए रहने से लोगों को उमस भरी गर्मी से मुसीबतों का सामना करना पड़ा

हमारे संवाददाता के अनुसार ज़िले में दोपहर बाद मौसम में बदलाव आया और तेज हवाओं के साथ बारिश से तापमान में गिरावट आई है

ब्धवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि मंत्रिमण्डल के सदस्य वॉक फॉर योग में शामिल होंगे